कल बेंगलूरू के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उदघाटन समारोह में ये बात कही प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से समाज के कल्याण के लिए काम करने और देश के समक्ष विभिन्न च्नौतियों का समाधान तलाशने का आहवान किया है श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रकाशनों की संख्या के मामले में भारत विश्व में तीसरे नम्बर पर पहंच गया है

विज्ञान कांग्रेस के द्रसरे दिन आज बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा

जोधप्र में कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल इस कानून के बारे में लोगों में भ्रम फैला रहे हैं लेकिन सरकार का इस कानून को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है उन्होंने कांग्रेस नेता राहल गांधी को इस मुद्दे पर बहस करने की च्नौती दी श्री अमित शाह ने लोगों से इस कानून के समर्थन में आगे आने की अर्पोल की

श्री गहलोत कल जोधपुर में के एन महिला महाविद्यालय के छात्रसंघ उदघाटन कार्यकम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मांगों पर संवाद जारी रहना चाहिए मांगों को लेकर विरोध करने वालों की भावना को समझना चाहिए और उनका हल करना चाहिए मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होगी देश का विकास नहीं होगा उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए पुलिस लाइन में आत्मरक्षा के कोर्स चलेंगे उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि महिलाए सुरक्षित रहे इस अवसर पर श्री गहलोत ने के एन महिला महाविद्यालय में छात्रावास के लिए सोलह कमरे बनाये जाने की घोषणा की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर महाविद्यालय में ई पुस्तकालय बनाने की मांग पर उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष से पांच लाख रूपए देने की घोषणा भी की

दोनों मंत्रियों ने अस्पताल प्रशासन के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए

श्री शर्मा ने कहा कि शिशुओं की मौत पर सरकार गंभीर है और इस मामले में किसी की लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी

मीडिया की खबरों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव से चार सप्ताह के अंदर विस्तुत रिपोर्ट मांगी है इस बीच कोटा में जे के लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय दल भेजा गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इस दल में विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं केन्द्रीय दल को इस बीमारी के गहन अध्ययन और रोकथाम के तत्काल उपाय करने के लिए भेजा गया है